इस दौरान वे एक निजी विश्वविद्यालय वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार उप्राष्ट्रपति साढ़े दस बजे विमान से इन्दौर पहुँचेंगे और शाम चार बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे

इस दौरान वे प्रदेश की नई निवेश नीति से भी उद्योगपतियों को अवगत करायेंगे मुख्यमंत्री ने कल शाम प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी से मुलाकात की उन्होंने इस दौरान कहा कि मध्यप्रदेश कई क्षेत्रों में देश के हब के रूप में विकसित हो सकता है इसके लिए ऊर्जा स्टोरेज उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण और डेटा प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं इस अवसर मुकेश अंबानी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिलायंस और मध्यप्रदेश सरकार की भागीदारी से विकास के नये रास्ते खुल सकते हैं उन्होंने एनर्जी स्टोरेज में बेटरी निर्माण संबंधी निवेश के लिए सहमति जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश शीर्ष प्राथमिकता वाला राज्य है

आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस पर कल छिंदवाड़ा और झाबुआ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों ही कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस मौके पर आदिवासी कल्याण के लिये प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी और सामूहिक भोज का आयोजन होगा

महिला भागीदारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी

जरा याद करो कुर्बानी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर आधारित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज सुनिये तात्या टोपे की शौर्य गाथा

इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

इस दौरान आयकर भरने योग्य कर्मचारियों को विभाग द्वारा फार्म एक भरने की सुविधा भी प्रदान की जायेगी